अयोध्या में कल कृषि आधारित चालीस परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के दिये निर्देश जिलाधिकारियों को इस कार्य की नियमित समीक्षा और मॉनीटरिंग करने को कहा प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति और जमीन से जुड़े वादों पर काबू पाने के लिए विशेष वरासत अभियान किया शुरू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल जो देश का विकास नहीं चाहते हैं वे नये कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री कल अयोध्या में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में किसान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर किसानों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने इस दौरान लगभग नब्बे करोड़ रूपये की चालीस कृषि आधारित परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति और समृद्धि का रास्ता खेतों से होकर ग्जरता है किसानों को ख्शहाल और समृद्व बनाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाये हैं और नये कृषि कानून उसी दिशा में एक प्रयास है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए निरंतर प्रयासरत है प्रदेश के ढाई करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत बाईस हजार करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में हस्तान्तरित की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद न ही एमएसपी समाप्त होगी और न ही मंडी समितियां उन्होंने बताया कि किसान भाई मंडी के बाहर कहीं भी अपनी उपज स्वेच्छा से अधिक दामों पर बेच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के प्रत्येक पात्र परिवार को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को इस कार्य की नियमित समीक्षा तथा मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आई आई एस एफ दो हजार बीस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे श्री मोदी कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को भी संबोधित करेंगे

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफद्दाल सैफुद्दीन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को अगले वर्ष अट्ठाईस फरवरी तक बढा दिया है कार्मिक और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जीतेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को यह राहत दी गई है प्रदेश के खाद्य एवं रसद विमाग को केन्द्र सरकार के डिजिटल इंडिया अवार्ड दो हजार बीस के लिए चुना गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तीस दिसम्बर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान करेंगे खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के लिए प्रजेंटेशन आमंत्रित किये गये थे प्रस्तुत प्रजेंटेशन को अवार्ड के लिये चुना गया है प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और जमीन से जुड़े वादों पर काबू पाने के लिए विशेष वरासत अभियान शुरू किया है ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यह अपनी तरह का पहला अमियान है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जमीन और संपति की वरासत के नाम पर गांव वालों के शोषण को रोकना है यह विशेष अभियान अगले वर्ष पन्द्रह फरवरी तक चलेगा एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता कीः मुख्यमंत्री योगी आरित्यनाथ की पहल पर शुरू किया गया यह वरासत अभियान न सिर्फ लंबे समय से लॉबित भूमि संबंधित विवादों पर रोक लगाएगा वरन ग्रामीण क्षेत्र में भू माफियाओं पर भी रोक लग सकेगी सरकारी प्रक्ता ने लखनऊ में बताया कि इसके माध्यम से प्रदेश के लगभग एक लाख राजस्व गांव में लंबे समय से पड़े विवादों का निपटारा हो सकेगा अभियान के अंतर्गत लोग ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से वरासत का पंजीकरण करा सकेंगे ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि गांव में है लेकिन वह कहीं अन्य जगह रहते हैं उनके लिए तहसील स्तर पर विशेष काउंटर स्थापित किये गये है गौरतलब है कि तहसील और थाना दिवसों पर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि संबंधी विवादों की ही आती है वरासत अभियान के बाद लोगों को उनके भूमि के उपयुक्त और सही प्रपत्र उपलब्ध हो जाएंगे जिससे न सिर्फ विवादों का निपटारा होगा बल्कि उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी इससे परिवारों और रिस्तेदारों के बीच भूमि विवादों के कारण उपजी आपसी दुस्मनी से भी निजात मिलेगी वहीं लोगों को न्यायालयों में पीढ़ियों तक चलने वाले वादों से भी राहत मिल सकेगी एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी और सतर्कता बरती जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि लखनऊ में विशेष ध्यान देते हुए कार्य योजना बनाकर उपचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाये मुख्यमंत्री ने सर्विलांस तथा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के कार्य को सक्रियता से जारी रखते हुए मेडिकल टेस्टिंग को पूरी क्षमता से संचालित करने के मी निर्देश दिये

प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए योजनाबद्व तरीके से कार्य कर रही है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सुचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गई है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आ रही है फिर भी सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस बीच प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार दो सौ सैंतालीस नये मामले सामने आये हैं